तीन आसान उपायों का पालन करे और सुरक्षित रहें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

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों से ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने पर जोर दिया

श्री सोरेन ने बैठक में सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में ग्रामीणों के स्वास्थ्य और कोरोना जांच को लेकर जागरूकता फैलाए बैठक में उतरी छोटानागपुर प्रमंडल के सांसदों ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपने सुझाव और विचार रखे

राज्य में प्रभावी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह कल समाप्त हो रहा है आंशिक लॉकडाउन के कारण राज्य में कोराना संक्रमण पर नियंत्रण हो सका है संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन जैसे प्रभावी उपायों पर पहल करना जरूरी है जिससे संक्रमितों को समुचित व बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके

देश में स्वस्थ होने की दर में निरन्तर सुधार हो रहा है पिछले चौबीस घंटों में तीन लाख पचपन हजार से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं

देश में स्वस्थ होने की दर तिरासी दशमलव शून्य चार प्रतिशत पहुंच गई है देश में पिछले दस दिनों से प्रतिदिन औसतन तीन लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो रहे हैं

मंत्रालय ने कहा है कि पिछले चौबीास घंटों के दौरान चार हजार दो सौ पांच लोगों की मौत हई है

झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर चौवन हजार पांच सौ तैंतीस पहुंच गई है पिछले चौबीस घंटों में सात हजार पांच सौ एकतिस लोग स्वस्थ हुए हैं जिसकी संख्या नये सक्रिय मामले मिलने की संख्या से लगभग दोगुनी है पिछले चौबीस घंटों में चार हजार तीन सौ पैंसठ नये सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है राज्य में तेरह मई तक प्रभावी एक हफ्ते के आंशिक लॉकडाउन और राज्य सरकार द्वारा किये गये अन्य चिकित्सिय उपायों के कारण संक्रमण की दर में दस प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है

पिछले चौबीस घंटों के दौरान राज्य में एक सौ तीन संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक सताईस लाख बासठ हजार एक सौ चौरासी लोगों को कोविड की वैक्सीन लगाई जा चुंकी है

इस बैठक में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता टीकाकरण को लेकर लोगों के बीच भ्रम कोरोना की जांच इलाज और टीकाकरण को लेकर कार्ययोजना पर चर्चा हो सकती है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इन नौ राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में कम होती संक्रमण दर और कोविड की तीसरी लहर से निपटने के उपायों पर बातचीत गुमला जिले के उपायुक्त शिशिर कुमार सिन्हा ने बताया कि जिले में पर्याप्त संख्या में ऑक्सिजन युक्त बेड उपलब्ध हैं और जिला प्रशासन जल्द ही छियालीस नये ऑक्सिजन युक्त बेडों की व्यवस्था करेगा उपायुक्त ने कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमितों के उचित ईलाज के लिए जिले के सभी सेवानिवृत चिकित्सक नर्स और पारा मेडिकल कर्मियों जो स्वेच्छा से अपनी सेवा देना चाहते हैं वे अपना आवेदन जिला प्रशासन को दे सकते हैं

केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा है कि वे गांवों में कोविड महामारी फैलने से रोकने के उपाय करें पंचायती राज मंत्रालय ने राज्यों को लिखे पत्र में इस चुनौती से निपटने और नेतृत्व प्रदान करने के लिए पंचायतों तथा ग्रामीण स्थानीय इकाइयों को सुविधाए उपलब्ध कराने का सुझाव दिया है मंत्रालय ने कोरोना संक्रमण की प्रकृति और उससे निपटने के बारे में ग्रामीण समुदायों को जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाने की सलाह दी है संयुक्तराष्ट्र ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष दो हजार बाइस में विश्व की सबसे तेज गति से विकसित होनेवाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं के अर्द्ववार्षिक अपडेट में संयुक्तराष्ट्र ने अनुमान व्यक्त किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था वर्ष दो हजार बाइस में दस दशमलव एक प्रतिशत की वृद्धि दर से विकसित होगी चीन की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष दो हजार इक्कीस के आकलन आठ दशमलव दो प्रतिशत से घटकर वर्ष दो हजार बाइस में पांच दशमलव आठ प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष दो हजार इक्कीस में भारत की आर्थिक वृद्धि दर सात दशमलव पांच प्रतिशत रहने का अनुमान है

देश में तीसरे चरण के टीकाकरण अभियान के लिए लोग आगे आ रहे हैं राज्य में चौदह मई से अठारह से चौवालीस आयु वर्ग के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू होगा

सभी ने ट्विट संदेश के माध्यम से कहा है कि हमारी नर्से महामारी के दौरान सबसे आगे रही हैं यह हमारी स्वास्थ्य ढांचे में महत्वपूर्ण कड़ी हैं उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने नर्सो के अमूल्य योगदान के लिए उनका आभार व्यक्त किया है स्वास्थ्य मंत्री ने समर्पण एवं सेवाभाव की प्रतिमूर्ति सभी नर्सो को कोरोना संकट के दौर में उनकी भूमिका के लिए धन्यवाद दिया है इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी सभी नर्सों को उनकी सेवा भाव और लोगों की जान बचाने के लिए आभार प्रकट किया है

इसे लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि टीकाकरण को लेकर तीस हजार लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं जबकि इस अभियान के लिए चार लाख के लगभग टीके उपलब्ध हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण इलाके में कोरोना को लेकर दवाईयों की कोई किल्लत नहीं होने दी जाएगी

इस संबंध में थाना प्रभारी ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रांची में ब्लैक फंगस का खतरा भी मंडराने लगा है रिम्स में कल दो मरीज मिले हैं जो न्यू ट्रामा सेंटर में भर्ती हैं